उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोरोना महामारी की वजह से मृत्यु दर पर नजर डाली जाए तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि अन्य देशों के मुकाबले भारत इस महामारी से निपटने में बड़ी मजबूत स्थिति में है प्रधानमंत्री ने कहा कि समय पर लॉकडाउन लागू करने और कई अन्य कदमों से देश में अनेक लोगों की जान बचाई जा सकी प्रधानमंत्री ने कहा कि जब से देश में अनलॉक वन शुरू हुआ है कुछ लोग व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार में लापरवाही बरत रहे हैं उन्होंने लोगों से कोरोना वायरस से निपटने के लिए सभी सावधानियां बरतने का आग्रह किया है नरेन्द्र मोदी ने कन्टेनमेंट जोन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया उन्होंने लोगों से कहा कि वे स्वास्थ्य संबंधी दिशानिर्देशों का पालन करें मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यमों की सुविधा के लिए ऑनलाइन स्वयं प्रमाणन सुविधा का शुभारंभ किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस पहल से प्रदेश में इज ऑफ डूईग बिजनेस के तहत प्रक्रियाओं के सरलीकरण सहित उद्यमियों को राहत मिलेगी

उन्होंने कहा कि यह ऑनलाइन प्रमाणन सुविधा न केवल उद्यमियों को कठिन प्रक्रियाओं से बचाएगी बल्कि उद्यमों को शीघ्र स्थापित करने में भी मदद मिलेगी

उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने व्यापार में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार की विभिन्न पहलों के बारे में विस्तृत जानकारी दी वर्चुअल रैली प्रदेश भाजपा की मंडी संसदीय क्षेत्र की वर्चुअल रैली आज शिमला स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित की गई केन्द्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रैली में मुख्य वक्ता के रूप में भाग लिया जबकि केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर इस दौरान विशेष रूप से मौजूद रहे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रैली की अध्यक्षता की वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए केन्द्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चल रही है और केन्द्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा हिमाचल में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बेहतरीन कार्य कर रहे हैं उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कोरोना वायरस से निपटने में प्रभावी ढंग से लड़ाई लड़ रही है और हिमाचल एक मिसाल बनकर सामने आया है पीयूष गोयल ने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है उन्होंने कहा कि भारत जिस तरह से कोरोना महामारी से निपटने के प्रयास कर रहा है वो पूरे विश्व के लिए एक मिसाल बनकर सामने आया है

उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के तहत लगाए गए प्रतिबंधों में ढील नहीं दे सकते हैं विधिक सोलन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कोरोना संकट काल में लोगों को निशुल्क कानूनी सलाह व उनकी समस्याओं का निपटारा डिजिटल माध्यम से किया जाएगा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी गुरमीत कौर ने बताया कि लोगों की समस्याओं के निपटारे के लिए जागरूकता शिविर आयोजित न कर पाने के कारण ये निर्णय लिया गया है उन्होंने कहा कि लोग प्राधिकरण की साईट से नम्बर लेकर सलाह ले सकते हैं और यूट्यूब के माध्यम से भी कानूनी सलाह ली जा सकती है जनगणना चंबा ज़िला प्रशासन ने कोरोना महामारी के चलते बंद की गई सातवीं आर्थिक जनगणना का कार्य फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी है लोकमित्र संचालकों को सशर्त ये अनुमति दी गई है गणना का कार्य करने वाले व्यक्तियों को मास्क व दस्ताने पहनना अनिवार्य होगा इसके अलावा सामाजिक दूरी सुनिश्चित बनाये रखना भी आवश्यक है हमीरपुर कोरोना कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आने के बाद हमीरपुर ज़िला के नादौन व हमीरपुर उपमंडल की दो पंचायतों के दो वॉर्डो को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है उपायुकत हरिकेश मीणा ने ये जानकारी देते हुए बताया कि नारा पंचायत के दरबोड़ गांव व पंडवी पंचायत के वॉर्ड नम्बर दो में कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आने के बाद यह निर्णय लिया गया है आदेशों के अनुसार इन क्षेत्रों में किसी भी व्यक्ति अथवा वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी